इसके बाद चार और प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी जिसमें से पहली प्रक्रिया कल की जाएगी ताकि चन्द्रयान चन्द्रमा की सतह से सौ किलोमीटर की कक्षा में पहुंच सके चन्द्रयान के साथ गए लैंडर और रोवर इस चरण में ऑरबिटर से अलग हो जाएंगे और सात सितम्बर को चन्द्रमा के दक्षिण धूव की सतह पर उतरेगा इसे इसरो की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है

लैंडर विक्रम का चन्द्रमा की सतह पर उतरने के बाद भारत रूस अमरीका और चीन के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जायेगा

जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने आज यह जानकारी दी

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी शिकायत में कहा है कि मोजेर बियर इंडिया लिमिटेड और उसके निदेशकों ने बैंक से भारी मात्रा में धन आहरण के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया था इस आधार पर ही यह गिरफ्तारी हुई है

इस मौके पर आज से प्रदेशभर में विभिन्न चरणों में विशेष ग्राम समाए होंगी सभाओं में पंचायत राज की उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी वहीं गांवों में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने को लिये सदभावना रैली के आयोजन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी होंगी

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने आज भोपाल के रवीन्द्र भवन में युवा संकल्प वर्ष कार्यक्रम का शुभारम्भ किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय राजीव गांधी के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रस्तिका का विमोचन भी किया मुख्यमंत्री ने मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में अधिकारियों और कर्मचारियों को सद्भावना दिवस पर शपथ दिलाई वहीं राज्य के जबलपुर खंडवा मुरैना रायसेन उज्जैन नरसिंहपुर कटनी सहित सभी जिला मुख्यालयों पर सद्भावना दौड़ के आयोजन के साथ ही सद्भावना की शपथ भी दिलाई गई एलपीजी सतना जिले के हर गरीब परिवार को केंद्र सरकार द्वारा निशुल्क एलपीजी कनेक्शन दिए जाने के लिए नई कार्य योजना तैयार की गई है

फसल गिरदावरी शिवपूरी जिले में किसानों द्वारा खरीफ मौसम में बोई गई फसलों की शत प्रतिशत गिरदावरी का कार्य किए जाने के लिए आज से अभियान चलाया जा रहा है